प्रदेश के छह नगर निगमों में महापौर पद के लिए आज नाम वापस लिए जा सकेंगे भरतपुर जिले के पीलूपुरा में गूर्जर आंदोलन आज सातवें दिन भी जारी गूर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला ने राज्य सरकार से वार्ता के लिए प्रतिनिधि भेजने के लिए कहा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

यदि कोई निजी विद्यालय छात्रों के बोर्ड परीक्षा के आवेदन पत्र भरने में आनाकानी करता है तो उसके विरूद्व कड़ी कार्यवाही की जाएगी बोर्ड के अध्यक्ष डॉ डी पी जारोली ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं से विद्यार्थी तथा उनके अभिभावकों के भावी जीवन के सपने जुड़े होते हैं ऐसे में निजी विद्यालयों का नैतिक दायित्व है कि वे बोर्ड परीक्षाओं के आवेदन में किसी भी प्रकार की बाधा न डालें

इसके तुरंत बाद परिणाम जारी कर दिया जायेगा इस बीच भाजपा और कांग्रेस ने अपने बोर्ड बनाने के लिए प्रयास तेज कर दिये हैं कॉस वॉटिंग की आशंका को देखते हुए दोनों पार्टियों ने अपने निर्वाचित पार्षदों को होटलों में ठहराया है और उसने लगातार बातचीत की जा रही है

उन्होंने कहा कि बजट घोषणा के तुरन्त बाद कोरोना महामारी के कारण वित्तीय संसाधनों पर दबाव आया है जिसमें अब धीरे धीरे सुधार आ रहा है

साथ ही ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को गांवों का मास्टर प्लान तैयार करवाने को कहा

उन्होंने कहा कि यदि कोई दुकानदार ऐसा करता पाया गया तो उसके विरूद्व कार्यवाही की जायेगी उन्होंने कहा कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत नाप तौल का नियमित निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए गए हैं

उन्होंने उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों को डायरेक्ट सेलिंग एजेन्सियों की शिकायतों का निस्तारण और मल्टीलेवल मार्केटिंग कम्पनियों की सूची बनाने को कहा

गुर्जर नेता कर्नल किरोडी सिंह बैंसला ने राज्य सरकार से आज वार्ता के लिए प्रतिनिधि भेजने को कहा है उन्होंने कहा कि ये बातचीत को तैयार हैं सरकार के मंत्री अशोक चांदना प्रदर्शनस्थल पर आ जायें गुर्जर नेताओं ने सोमवार से आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दी है करौली से हमारे संवाददाता ने बताया कि कल करौली हिण्डौन सड़क मार्ग पर रोडवेज की बसें शुरू होने से लोगों को राहत मिली है इसके अलावा गंगापुर सड़क मार्ग पर भी बसे शुरू हो गयी हैं हालांकि आंदोलन के कारण अभी भी बयाना हिण्डौन सड़क मार्ग बाधित है

यह परीक्षा आज तथा कल भी दो पारियों में आयोजित की जायेगी

इन परीक्षार्थियों के लिए अलग से कक्ष की व्यवस्था की गई अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस भर्ती और प्रशिक्षण गोविंद गुप्ता ने बताया कि भर्ती परीक्षा के दौरान कोरोना को ध्यान में रखते हुए विशेष व्यवस्थाएं की गई है

लेकिन लोगों को लापरवाह नहीं होना चाहिए उन्होंने कहा कि सर्दियों में कोरोना की दूसरी लहर आने की आशंका है

इसलिए हर व्यक्ति को सतर्क रहना होगा मास्क पहनना होगा निश्चित दूरी बनाये रखनी होगी और खुद को सुरक्षित रखने के लिए बार बार हाथ धोना होगा उन्होंने कहा कि यदि लोग मास्क पहनते हैं और एक महीने तक अनुशासन बनाये रखते हैं तो कोरोना की चेन टूट सकती है

सवाई माधोपुर में एक एक भी नया केस नहीं आया

वहीं जयपुर तथा जोधपुर में सक्रिय मरीजों की संख्या चार हजार से ज्यादा बनी हुई है इस बीच कोविड महामारी के मद्देनजर झालावाड़ जिले के झालरापाटन में चन्द्रभागा पशु मेला स्थगित कर दिया गया है